इसका उद्देश्य कृ षि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम मवेशी टीकाकरण डेयरी क्षेत्र हर्बल खेती मध्मक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों कृषि उपज संगठनों प्राथमिक सहकारी संगठनों कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड रुपये देगी

उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्त अधिनियम में संशोधन किया जाएगा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए दस हजार करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने और मछली पालकों की रिथति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दे रही है इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना श्रू की जाएगी इस योजना के लिए बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है मवेशियों के टीकाकरण के लिए तेरह हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है डेयरी प्रसंस्करण के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई है श्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि मध्यमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है पहले इसमें टमाटर प्याज और आलू शामिल थे इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित उपायों का स्वागत किया है उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मेहनतकश किसानों मछ्आरों पश्पालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी श्री मोदी ने क्रषि क्षेत्र में सुधार पहलों का विशेष रूप से स्वागत किया जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी औरैया में आज तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क द्वर्घटना में चौबीस प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई सभी मजदूर फरीदाबाद से गोरखपूर जा रहे थे यह दुर्घटना लगभग साढ़े तीन बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में मिहोली गांव के निकट हुई ट्रक में क्ल इक्यासी मजदूर सवार थे यह ट्रक एक ढाबे के बाहर खड़ा था और पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया इस दुर्घटना में मारे गए लोग विहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे गंभीर रूप से घायल पंद्रह लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे सभी ट्रकों और वाहनों को रोककर सीज किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए मुख्यमंत्री ने मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा के फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है मुख्यमंत्री ने आगरा और मथुरा के अपर पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण देने को कहा है आगरा जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है उधर औरैया पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ट्रकों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रकों को सील कर दिया है प्रशासन ने औरैया हादसे में घायल लोगों की जानकारी के लिए हेल्यलाइन नंबर भी जारी किये हैं ये नंबर हैं नौ चार पांच चार चार शून्य दो आठ नौ सात नौ चार एक पांच सात एक चार सात दो एक और शून्य पांच छः आठ तीन दो चार नौ छः छः शून्य आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है इस कड़ी में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने आकाशवाणी को बताया कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में साफ सफाई का बहत महत्व है जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेखिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पहले करने हैं

कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिष्ठ करें कि जहां दो लोग खड़े हाँ करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने के बाद उपचार से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में निरंतर सुधार हो रहा है अब स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर चौंतीस दशमलव छह प्रतिशत हो गई है